श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि यह मौसम में बदलाव और विषाणु जनित रोगों के फैलाव का समय है इसे देखते हुए सतर्कता और एहतियाती उपाय जरूरी हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रभावित लोगों का समुचित देखभाल सुनिश्चित कर रही है वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली सरकार और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक में विषाणु जनित रोगों की रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने कहा कि डेंगू चिकनगुनिया और मलेरिया जैसे रोगों की रोकथाम के लिए उपाय जरूरी हैं सीएम श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर उन्हें याद कर श्रद्वांजलि अर्पित की है श्री चौहान ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि जनसेवा और राष्ट्र उत्थान के लिए किये गये आपके कार्यो और त्याग और बलिदान के लिए सदैव याद किया जायेगा वहीं प्रदेश के गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने भी पूर्व राष्ट्रपति डॉ शंकरदयाल शर्मा की जयंती पर उन्हें याद कर विनम्र श्रद्वांजलि अर्पित की है

शीर्ष न्यायालय ने मुम्बई पुलिस को आदेश दिया है कि वह इस मामले से संबंधित सभी साक्ष्य सीबीआई को सौंप दे यह फैसला न्यायामूर्ति ऋषिकेश राय की एकल पीठ ने पारित किया अदालत ने सीबीआई को यह निर्देश भी दिया कि वह सुशांत की मृत्यु के संबंध में भविष्य में दर्ज होने वाले किसी अन्य मामले की भी जांच करें महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया गया है कि वह सीबीआई की जांच में सहायता करें

हालांकि युगलपीठ द्वारा सुनवाई के बाद दिए गए विस्तृत आदेश की फिलहाल प्रतीक्षा है

मौसम प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पचमढ़ी में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई इसके अलावा टीकमगढ़ जबलपुर खंडवा सागर सहित अधिकांश जिलों में बारिश हुई मौसम विज्ञान केन्द्र ने बाताया है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिससे अगले दो तीन दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा उन्होंने बताया कि राजधानी भोपाल सहित अनेक जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है

वहीं रीवा सतना अनूपपुर उमरिया डिंडौरी खंडवा खरगोन अलीराजपुर होशंगाबाद सीहोर बैतूल अशोकनगर शिवपुरी सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है

यह देश का पांचवां वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण है

श्री कमलनाथ की इस सभा का सीधा प्रसारण सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म के जरिए किया जाएगा